प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुहमंत्री अमित शाह और अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों के जाँच कराने उनका पता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखनें और संघरोध पर दिया जाना चाहिए नोवल कोरोना वायरस के प्रसार के बाद यह दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस की है

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने पर केन्द्र सरकार ने राज्यों से संदिग्ध पीडितों की तलाश के लिए गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य आर परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की आवाजाही के कारण देश में कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि एक हजार आठ सौ लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है श्री अग्रवाल ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान धार्मिक आयोजनों में न जाने की अपील की है लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारे जो इंस्ट्रेक्शन हैं हमारी डायरेक्शन वहीं है कि किसी भी तरह का कांग्रिगेशन अवॉयड करना चाहिए धार्मिक सभाओं को अवॉयड करना चाहिए

राज्यों के मुख्य सचिवों आर केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन के तहत दी गई छूटों में अधिक रियायतें दी जा रही हैं

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्या को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का तेजी से पता लगाने को कहा है

सभी राज्यों के मुख्यो सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उन्होंने राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में फसलों की कटाई प्रारम्भ हो गयी है और पन्द्रह अप्रैल से मण्डियों में सोशल डिस्टेन्सिंग को ध्यान में रखते हुए गेहूॅ खरीद की समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश प्रदश में कोई भूखा न रहे इसी क्रम में सभी जनपदों में अनिवार्य रूप से कम्युनिटी किचन खुलवाने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में कल से खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है इसके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों मनरेगा श्रमिकों श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा अन्य देहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन वितरित हो रहा है अप्रैल माह के द्वितीय चरण में पन्द्रह अप्रैल से सभी कार्डधारकों का पॉच किलों प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क चावल दिया जायेगा

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस बारे में सीबीएसई को सलाह दे दी गई है उन्होंने बताया कि बाकी के विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेगा

नौवीं और ग्याहरवीं के छात्रों को भी स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा के लिए उतीर्ण मान लिया जाएगा स्कूल आधारित परीक्षा में छात्र ऑल लाइन या ऑफ लाइन दोनों ही प्रकार से भाग ले सकते हैं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना की चुनौती को सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि यह मामला गम्भीर है और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है श्री मौर्य ने कहा कि सरकार लोगों की खाद्यान्न और अन्य समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है बाइट कोरोना संक्रमण के समय कोई गरीब भूखा न रहे कोई मजदूर भूखा न रहे कोई जरूरतमंद भूखा न रहे

प्रयागराज में हम लोगों ने भी पूरी टीम के सहयोग से कम्युनिटी किचन का प्रारम्भ किया जिसके माध्यम से गरीबों को भोजन कराने और उनको जरूरत का सामान उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है यह कम्युनिटी किचन अभी लखनऊ प्रयागराज कानपुर में प्रारम्भ हुआ है बहुत जल्द प्रदेश के सभी जिलों में प्रारम्भ किया जायेगा मैं सभी से अपील करता हूँ कि जिला प्रशासन को सहयोग करें

मैं सबके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ और उनके द्वारा किये जा रहे कोरोना संक्रमण के संकट के समय जो सेवा है उसको नमस्कार करता हूँ सेवा करने वालों का अभिनन्द करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से समाज उठ करके खड़ा हुआ है इस स्थिति में कोरोना हारेगा हिन्दुस्तान जीतेगा चुनौती गम्भीर है परन्तु कोरोना पर विजय भी सुनिश्चित है हौसला बनाये रखें घरों में रहें लॉकडाउन का पालन करें निश्चित तौर से विजय मिलेगी धन्यवाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है कि वे फर्जी खबरों को रोकने के लिए कारगार उपाय करें पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों के लिए एक वेबपोर्टल बना रही है ताकि वे तथ्यों की जांच कर सके और असत्य खबरों को तत्काल खारिज कर सके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा गया है कि वे अपने अपने स्तर पर ऐसी ही व्यवस्था करे रामनवमी का पर्व आज पूरे देश और प्रदेश में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी बधाई दी है

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा है कि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के अनुष्ठान की नवमी तिथि को मर्यादा पुरूषोत्तम श्री राम का जन्मदिन हम सबको नयी प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता है उन्होंने लोगों से धार्मिक अनुंष्ठान घर पर ही रहकर करने और लॉकडाउन को समर्थन देने का आहवान किया है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई लॉकडाउन के दौरान देशभर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपर्ति सुनिश्चित कर रहा है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि एफसीआई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगले तीन महीनों के लिए अनाज की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने लोगों को जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं माइग्रेंट वर्कस के लिए स्टेट्स और यूटी फूड और शेल्टर की व्यरवस्था कर रही है

सुश्री पुण्य सलिला ने कहा कि किसी भी स्तर पर माल ढुलाई वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए देशभर में नोवेल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और भीड़भाड़ से बचने जैसे अनेक उपाय करने को कहा गया है